बच्चों के यौन उत्पीडन को रोकने के लिये पोक्सो अधिनियम को मृत्यु दण्ड के प्रावधान के साथ और सख्त बनाया जायेगा भरतपुर में दो सडक हादसों में आठ लोगों की मौत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक समारोह में इसका उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जो दस हैक्टेयर तक की कृषि भूमि के मालिक है वे अब बिना भू उपयोग परिवर्तन के भी अपनी जमीन पर खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगा सकेंगे इसके लिये किसानों को ना तो भू उपयोग परिवर्तन के लिये राशि देनी होगी और ना ही सरकार से मंजूरी लेनी होगी

समारोह में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए

समारोह में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना और कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया सहित अनेक मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे

अब इस बिल को इन संशोधनों के साथ दोनो सदनों के पटल पर लाया जायेगा

इसका उद्देश्य राज्यों के बीच जल विवादों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाना है

श्रममंत्री संतोष गंगवार ने कल पत्रकारों को बताया कि यह संहिता बंदरगाह और खनन क्षेत्र से जुड़े व्यापारिक संगठनों पर भी लागू होगी भले ही वहां एक ही मजदूर काम कर रहा हो यह नीतिगत बदलाव व्यापार को सुगम बनाने और कर्मचारियों को अधिक संरक्षण देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं

अदालत ने अधीनस्थ न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था में खामियों पर चिंता प्रकट करते हुए राज्य सरकार को सभी जिला न्यायाधीशों के आवास पर पुलिस गार्ड तैनात करने और न्यायिक अधिकारियों के लिए तुरंत उचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं

यह कार्यकम जनरल सगत सिंह की जन्म शताब्दी के समारोह के तहत आयोजित किया गया है इस अवसर पर सेना की सप्त शक्ति कमान प्रदेश में कई कार्यक्रम कर रही है सेना प्रवक्ता कर्नल सोंबित घोष ने बताया कि जयपुर सहित राज्य के कई हिस्सों में स्कूलों में प्रेरक व्याख्यानों का आयोजन किया जा रहा है गौरतलब है कि मेजर जनरल सगत सिंह ने कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया

सगत सिंह को पदमभूषण से सम्मानित किया गया था

इस दिन को मनाने का उद्देश्य आबादी को नियंत्रित करना और इससे पैदा हुई समस्याओं का हल खोजना है इस अवसर पर प्रदेशभर में बढती आबादी के मुद्दे के प्रति जागरूकता लाने के लिये कई कार्यक्रम हो रहे है